इस दौरान वे हरोली विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण भी करेंगें बाद में मुख्यमंत्री टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र के समीप एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार एक हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी

विधानसभा से पारित संशोधित मोटर वाहन व कराधान विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है विधि विभाग के प्रधान सचिव यशवंत सिंह चोगल ने संशोधित अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के अनुसार अन्य राज्यों के लोगों को प्रदेश में गाड़ियों का पंजीकरण करवाने पर दो फीसदी अतिरिक्ति फीस देनी होगी

प्रदेश में पिछले कल कोरोना से दस लोगों ने अपनी जान गंवाई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है बर्फबारी से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सैलानियों के लिये बंद हुआ रोहतांग दर्रा अमर उजाला का शीर्षक है भारी बर्फबारी मनाली से कटा लाहौल रोहतांग दर्रा भी बंद दैनिक भास्कर के शब्द हैं बर्फबारी से केलांग लेह मार्ग बंद सैकड़ों वाहन व सैलानी फंसे हिमाचल दस्तक के मुताबिक लाहौल में दूसरे दिन भी हुई बर्फबारी आज फिर हिमपात होने के हैं आसार दिल्ली को भी दौड़ेंगी बसें शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है केजरीवाल सरकार ने एचआरटीसी को दी बसों के संचालन की मंजूरी पंजाब केसरी की सुर्खी है दिल्ली के लिये शुरू होंगी एचआरटीसी की बसें आज फाइनल हो सकते हैं दिल्ली को चलने वाले रूट शिमला में सात माह बाद खुले कॉलेज पहले दिन कम रही छात्रों की संख्या अजीत समाचार की खबर है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है पॉजिटिव सोच रखता हूं इसलिये पॉजिटिव भी हुआ हूं दैनिक जागरण ने लिखा है हिमाचल में वाहनों का पंजीकरण महंगा